केन्द्र ने डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्यों से विशेष कानून बनाने को कहा

अनेक स्थानों पर तापमान पैंतालिस डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक हुई प्रधानमंत्री ने अपनी शुरूआती टिप्पणी में एक बार फिर कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने गरीबी बेरोजगारी सूखा बाढ़ प्रदृषण भ्रष्टाचार और हिंसा का मिलकर मुकाबला करने का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका लक्ष्य दो हजार बाईस तक नये भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करना है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें दो अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए और देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर दो हजार बाईस के लक्ष्यों के लिए दृढ़संकल्प के साथ काम शुरू किया जाना चाहिए श्री मोदी ने यह भी कहा कि दो हजार चौबीस तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यक्स्था बनाना एक चुनौती है लेकिन इसे निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है उन्होंने कहा कि नवगठित जल शक्ति मंत्रालय पानी से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देगा उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे भी मिलजुलकर जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों में तेजी लाएं प्रधानमंत्री ने सूखे की समस्या से भी निपटने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा उन्होंने कहा कि हर बूंद अधिक फसल कार्यक्रम को बढ़ावा देने की जरूरत है दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए मछली पालन पश् पालन बागवानी फल और सब्जियों की खेती पर जोर देने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में दो हजार पच्चीस तक तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य का भी जिक्र किया उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू नहीं करने वाले राज्यों से कहा कि वे भी इसे जल्द कार्यान्वित करें सरकार ने सोमवार को शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुवारु रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग करने की अपील की जाएगी इस सत्र में संसद में तीन तलाक विधेयक के अलावा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक कैडर आरक्षण विधेयक तथा आधार और अन्य संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीस जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे चार जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और पांच जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दो हजार बाईस में होने वाले विघान सभा चुनाव के लिए विजय अभियान की शुरूआत कर दी है श्री मौर्य कल अयोध्या में आयोजित सन्त सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इक्यावन प्रतिशत मत हासिल हुए हैं और वह विधान सभा चुनाव में इसे साठ प्रतिशत के लक्ष्य तक पहंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है श्री मौर्य ने कहा कि हाल के आम चुनाव में गठबन्धन सहित अन्य राजनीतिक दलों के जाति आधारित सभी समीकरणों को प्रदेशवासियों ने ध्वस्त कर दिया है उन्होंने कहा कि भविष्य में भी लोग नकारात्मक राजनीति करने वालों को सबक सिखायेंगे राम मन्दिर निर्माण के प्रश्न पर उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मन्दिर का निर्माण ज़रूर होगा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में विभिन्न व्यापार संघों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया इन प्रतिनिधियों ने श्रम और रोजगार संबंधी मृद्दों पर अपने विचार और सुझाव दिए सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और मौजूदा श्रम बल के कौशल पुनःकौशल तथा कौशल बढ़ाने पर चर्चा की गई केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि वे डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों की हिफाजत के लिए अलग से कानून बनाने के बारे में विचार करें स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने हाल में पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हए हमलों की घटनाओं के बाद इस संबंध में सभी मृख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉ हर्षवर्धन ने इस संबंध में एक विधेयक का प्रारूप भी मुख्यमंत्रियों को भेजा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात के तहत तीस जून को सवेरे ग्यारह बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे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 एक टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे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 देशवासी नमो ऐप खुले मंच और माइ गोव खुले मंच के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर सकते हैं आगामी इक्कीस जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रदेश में विभिन्न विभागों और स्वैच्छिक संस्थाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं

कन्नौज में जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने कल भारत सरकार के योग पखवाड़ा कार्यक्रम का श्भारम्भ किया उन्होंने कहा कि यह योग पखवाड़ा योगाभ्यास के रूप में मनाया जायेगा उन्होंने बताया कि कल चार सौ से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेन्टरों पर सजीव प्रसारण के ज़रिये लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया उधर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रयागराज स्थित क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो और क्षेत्रीय रामायण मेला आयोजन समिति के संयक्त तत्वाधान में जिले में कौडिहार ब्लाक के आनापर गाँव में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयेाजन किया गया इस अवसर पर वक्ताओं ने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि लोगों को इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर सम्पूर्ण सरचार्ज समाधान योजना के तहत भुगतान अवधि बढ़ा दी गयी है उत्तर प्रदेश पावर कार्परेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अपर्णा यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि जिन उपनोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराया था वह अब इक्तीस अगस्त तक किस्तों में बकाया धनराशि जमा कर सकेंगे यह सुविधा कल से प्रभावी हो गयी है प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है तेज गर्मी की वजह से आम जन जीवन प्रमावित है और अनेक जगहों पर पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान पैंतालिस डिग्री सेल्सियस के आस पास है जो सामान्य से ऊपर है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से दो दिनों की राहत के बाद मौसम का रुख फिर से तल्ख हो गया है प्रदेश में आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को बेहद परेशान कर रहे हैं दिन कढ़ते ही लोग वापस घरों में लौट जाना चाहते हैं और बहुत जरूरी होने पर ही वह बाहर निकलने की हिम्मत कत्ते हैं बाजार और सडकें दोपहर में प्राय वीरान होजाती हैं भीषण गर्मी के कारन अस्पतालों में वू तगने सन बर्न और डाईरिया के मरीजों की भारी भीड़ लगी रहती है पानी बचाने के लिए कई जगहों पर जिला प्रशासन ने कार धुलाई केंद्रों को मानसून आने तक प्रतिबंधित कर दिया है

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से में मुल्तान सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करके उन्हें कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ज्ञापन साँपा उन्होंने उनके अनुसार राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की पूर्व विधान परिषद सदस्य और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वाईडीसिंह का कल गोरखपुर में निधन हो गया वे तिहत्तर वर्ष के थे स्वर्गीय श्री सिंह सन् उन्नीस सौ इक्यानवे से वर्ष दो हजार चार तक गोरखपुर के बीआरडीमेडिकल कॉलेज में बाल रोग के अध्यक्ष रहे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है